परिवहन मंत्री संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिये आज अधिकारियों से वार्ता करेंगे गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेशभर में परम्परागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है

सम्मेलन के दौरान भूमि की गुणवत्ता कम होने की समस्या पर विचार किया जाएगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल में कहा था कि यह समस्या पूरे विश्व की है और भारत इससे निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि आर्बिटर अगले एक साल से अधिक समय तक चन्द्रमा का चक्कर लगाता रहेगा इस दौरान यह चन्द्रमा के धरातल की तस्वीरें लेगा और चन्द्रमा के बाहरी वातावरण की जानकारी एकत्र करेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया श्रीमती सीतारमन ने मजदूर संघों को विश्वास दिलाते हए कहा कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है इससे बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था के मंद पड़ने से संबंधित एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसे आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार देख रही है सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी

इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर के मजबूत बैंक बनाना है देश के करीब चार सौ रेलवें स्टेशनों पर अब मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय मिलेगी केन्द्रीय सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा की उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य पारंपरिक लघ् उद्योग को बढावा देना है वे सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान और नागपुर के एक फॉउडेशन द्वारा आयोजित स्वयं रोजगार प्ररेणा अभियान को संबोधित कर रहे थे नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि सरकार ने ध्रपबत्ती की आयात डीयूटी तीस प्रतिशत बढाने का निर्णय लिया है इससे घरेलू उत्पादों को लाभ होगा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में भी पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने जयपुर स्थित सचिवालय में इस कार्यक्रम के श्भारंभ के अवसर पर आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील की कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑनलाईन सत्यापन कराये ताकि त्र्टिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके

श्री खाचरियावास ने कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में ये एक्ट लागू हो गया है लेकिन इसमें शामिल जुर्माना राशि को कम करने का राज्य सरकार के पास अधिकार है इसके तहत इसमें कुछ कमी की जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगे

प्रदेश में कल से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है

उन्होने बताया कि नई योजना में शिकायतों के समाधान के साथ साथ किसी तरह की गडबड़ी को रोकने के लिये भी समुचित व्यवस्था की गयी है पाली जिले में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढकर चार हो गई है चार घायलों का अभी भी जयपुर और अजमेर में इलाज चल रहा है इधर जिले के ही बिरातिया खूर्द के पास नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मृत्यु हो गई राजसमंद जिले के देवगढ में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गये गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेशभर में परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मंदिरों और घर घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है जयपुर के मोतीड्रंगरी मंदिर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के विशेष इंतजाम किये गये है सवाईमाधोपुर के रणथम्मौर में चल रहे त्रिनेत्र गणेश मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धाल पहंच रहे है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं